राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि बांग्लादेश का मजबूत खुशहाल और प्रगतिशील होना भारत के हित में है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 राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों की अपेक्षाएं भी एक जैसी हैं इसलिए उन्हें संसाधनों और क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के तरीके खोजने चाहिए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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद से प्रभावित सभी देशों से आतंक के खिलाफ तत्काल प्रमाणिक और ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है कल तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैय्यपएर्दोगन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है श्री एर्दोगन ने हाल में हुए आतंकी हमलों में लोगों की मृत्यू पर शोक व्यक्त किया और घायलों के तुरंत स्वस्थ होने की कामना की प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नाहियान के साथ भी बातचीत की दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में बढ़ते आपसी सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त को और महत्वपूर्ण तथा व्यापक साझेदारी और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री ने यूवराज को धन्यवाद दिया इस बीच भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री आदेल बिन अहमद अल जुबैर ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की प्रधानमंत्री ने हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता व्यक्त करने के लिए सऊदी अरब को धन्यवाद दिया दोनों देशों ने सभी आतंकवादियों के विरूद्ध बिना किसो भेदभाव के प्रामाणिक और विश्वसनीय कदम उठाने के लिए मिल कर काम करने पर सहमति व्यक्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनके साथ दांडी मार्च करने वाले सभी आंदोलनकारियों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की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 नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला शूरू हो गया है पांच दिन के इस मेले का आयोजन भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन आईटीपीओ ने किया है इसमें भारत और विदेश के पांच सौ साठ से अधिक प्रतिभागियों के खाद्य उत्पाद मशीनरी आतिथ्य और सजावट तथा मिठाई की द्रकानें लगाई गई हैं अमरीका रूस चीन इंग्लैंड जर्मनी इटली सिंगापुर और कई अन्य देशों के प्रतिभागी मेले में भाग ले रहे हैं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में यूनाईटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूलवामा आतंकी हमले की कड़ो निंदा की है पार्टी ने पाकिस्तान से उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर चलाए जा रहे आतंकी शिविर नष्ट करने को कहा है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

लोकसभा चूनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं विभिन्न दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति की बैठक कल नई दिल्ली में हुई समिति के अध्यक्ष और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन भी शामिल हुई पार्टी ने सामाजिक राजनीतिक और विदेश नीति पर मामलों को देखने के लिये विभिन्न समितियों का गठन किया है और विभिन्न मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करने के लिये लोगों से राय मांगी है बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने फिर कहा है कि उनकी पार्टी कांग्रेस से तालमेल कर किसी भी राज्य में चुनाव नहीं लड़ेगी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिये राज्यों के बसपा प्रमुखों और वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक के बाद जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कांग्रेस से चुनावी तालमेल या समझौता नहीं करेंगे एक रिपोर्ट लखनऊ में पार्टी प्रमुख मायावती की अध्यक्षता में बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों के नेताओं की बैठक हुई बैठक में मायावती ने कहा कि बसपा और समाजवादी पार्टी का समझौता पूरी नेकनीयती और आपसी सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में काम कर रहा है उन्होंने यह भी कहा कि ये पहला और परफेक्ट अलायंस है जो सामाजिक परिवर्तन की जरूरतों को पूरा करता है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की क्षमता रखता है पार्टी की प्रेस रिलीज के अनुसार मायावती ने कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस समय कइ पार्टियां बसपा के साथ तालमेल के लिए आतुर हैं लेकिन थोड़े से चुनावी लाभ के लिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो पार्टी के हित में न हो

शाहजहांपुर जनपद में विश्व हिन्दू परिषद के पचास नामजद और सौ से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है जनपद के मुख्य विकास अधिकारो महेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि विश्व हिन्दू परिषद कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया था जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों को असुविधा हुई थी लोकसभा चुनाव की वजह से जिले में धारा एक सौ चौवालीस लागू है और विहिप कार्यकर्ताओं ने इसका उल्लंघन किया था कानपुर नगर जनपद के घाटमपुर क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से बीते चार दिनों के अन्दर छह लोगों की मौत हो गई तथा पांच का इलाज किया जा रहा है जिला प्रशासन के अनुसार घाटमपुर की भीतरगांव चौकी अन्तर्गत खदरी गांव में शराब पीने से बीमार हुए लोगों को चार दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिनमें से कल तक तीन लोगों की मौत हो गई वहीं तीन लोगों ने आज दम तोड़ दिया इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार कर प्रछताछ की जा रही है घटना के संबंध में प्रलिस और प्रशासन को टीमें गठित कर घाटमपुर और आसपास के क्षेत्र में दबिश दी जा रही है चित्रकूट धाम मंडल के चार जनपदों के पांच हजार युवा दैवीय आपदाओं से निपटने के गुर सीखेंगे

प्रशिक्षण में युवाओं को बाढ़ अग्निकांड भूकम्प जैसी दैवीय आपदा के दौरान लोगों को सुरक्षित निकालने के टिप्स दिये जायेंगे वाराणसी स्थित बीएचयू के आयुर्वेद विभाग द्वारा चौदह मार्च से तीन दिनों की वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ आयुर्वेद का आयोजन किया जा रहा है इस कांग्रेस का उद्देश्य आयुर्वेद के सिद्धांतों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसना है इससे समाज में एक नई चेतना पैदा होगी

समाप्त